शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर डूंगरपुर में प्रदर्शन कारियों और सरकार के बीच हुई वार्ता शांति बहाली की बनी सहमति

अपने एक भाषण में महात्मा गांधी ने अध्यात्मिकता के बारे में कहा था प्रदेश में आम लोगों द्वारा सार्वजनिक जगहों पर कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताते हुए बड़े स्तर पर जन आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है कोरोना पर उच्चस्तरीय बैठक को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क पहनने में लापरवाही बरतने तथा हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना में अनुशासनहीनता के प्रति राज्य सरकार गंभीर है श्री गहलोत ने प्रदेशवासियों को इसके लिए जागरूक करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाकर जागरूकता अभियान शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं उन्होंने बताया कि इस काम में विभिन्न संस्थाओं संगठनों और जन प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा और गांवों और शहरों में मोहल्ला समितियां बनाकर जागरूकता संदेश दिया जाएगा

कोविड से मृत्युदर एक दशमलव पांच आठ प्रतिशत है

कोविड महामारी के बीच हो रहे मतदान को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है

श्री मेहरा ने बताया कि केंद्र में प्रवेश से पूर्व मास्क लगाना अनिवार्य है मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को साबुन पानी या सेनेटाइजर से जरूर साफ करें उन्होंने बताया कि मतदान करते समय मतदाता पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिह्नित गोलों पर खड़े रहकर या सामाजिक दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें

चिकित्सा मंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण में शामिल होने वालों से कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी हो रही है ऐसे में आमजन द्वारा बरती थोड़ी भी लापरवाही बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है उन्होंने कहा कि आमजन पर इस समय दोहरी जिम्मेदारी है उन्हें कोरोना जैसी महामारी के बीच लोकतंत्र को मजबूत करने की परीक्षा पर खरा उतरना है

सरकार की ओर से जनजातीय क्षेत्र विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि भर्ती प्रक्रिया न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार इसके शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयासरत है इस बीच कल देर रात उपद्रवियों ने उदयपुर खैरवाड़ा के खंडी ओबरी टोल प्लाजा को निशाना बनाया राष्ट्रीय राजमार्ग आठ स्थित श्रीनाथ कॉलोनी में भी रात को लोगों के घरों पर पथराव किया गया पुलिस ने मौके पर पहुंच रबर की गोलियां दागी और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया

क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल के साथ रेपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं राष्ट्रीय राजमार्ग आठ खुल गया है और हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगत सिंह को श्रद्वांजलि दी और भारत की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान का उल्लेख किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें श्रद्वांजलि देते हए कहा है कि वे साहस और देशभक्ति के साक्षात उदाहरण थे